इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार एक लाख चौबीस हजार प्रतिष्ठानों को इस योजना का लाभ मिला है

यह सुविधा पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है

उपायुक्त ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए संभावित ऋण योजना में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है

राज्यपाल आचार्य देवव्रत समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे गणतंत्र दिवस पर जिला स्तर पर भी समारोह आयोजित किए जाएंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं के बीच हुई झड़प को सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है राठौर की ताजपोशी पर सुक्खू और वीरभद्र समर्थकों में खूनी संघर्ष पंजाब केसरी के शब्द हैं कांग्रेस अध्यक्ष की ताजपोशी में सिर फूटे दिव्य हिमाचल का कहना है कुलदीप सिंह राठौर की ताजपोशी पर रणभूमि बना कांग्रेस भवन वीरभद्र सुक्खू समर्थकों में चली कुर्सियां कई जख्मी दैनिक जागरण के अनुसार कांग्रेसियों में दो दो हाथ राठौर के सम्मान समारोह के बाद चली कुर्सियां जबकि अजीत समाचार का शीर्षक है कांग्रेस कार्यालय में एक दूसरे पर चलाए लात घूंसे

दैनिक सवेरा टाइम्स ने लिखा है नौहराधार में लगेगा व्हाइट सीमेंट उद्योग संयंत्र के लिए तीन सौ हेक्टेयर भूमि पहले ही चयनित

जनरल कोटा आरक्षण में फंसा बीपीएल आईआरडीपी रिजर्वेशन शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने खबर दी है दो तरह से लागू है हिमाचल में आरक्षण दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सामान्य वर्ग के आरक्षण पर कल स्पष्ट होगी स्थिति दैनिक जागरण ने दोबारा दाखिला फीस ली तो होगी सख्त कार्रवाई शीर्षक से लिखा है प्रदेश सरकार ने रि एडमिशन फीस वसूलने पर लगा रखी है रोक कुंभ स्पेशल ट्रेन के किराये में नहीं मिलेगी छूट स्पेशल पास भी मान्य शीर्षक से दैनिक भास्कर ने खबर को प्रमुखता दी है एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर बाइब्रेंट गुजरात में हिमाचली पांव शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय में लिखा है कि अगर गुजरात की तर्ज पर हिमाचल को अपनी ब्रांडिंग करनी है तो हिमाचली समाज को भी इन्वेस्टर मीट की सफलता में अपना गौरव साबित करना होगा दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय कितनी शिक्षित है शिक्षा में लिखा है कि विद्यार्थी किसी क्षेत्र में न पिछड़े इसके लिए प्राथमिक स्कूलों को सुदृढ़ किए जाने की जरूरत है